शिमला में कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलंग नाला व सिस्सू में जनसभाओं को संबोधित करेंगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री एक बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

इस दौरान केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टनल कृषि बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी खेल गतिविधियां प्रदेश में करीब छह महीने के बाद आज से फिर खेल परिसर खोल दिए जाएंगे युवा सेवाएं व खेल विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला खेल अधिकारियों को एसओपी जारी कर दी गई है

खेल परिसर में कंटेनमेंट क्षेत्र व बफर जोन के खिलाड़ियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिला अधिकारियों को तैयारियों के हिसाब से खेल परिसर खोलने पर अंतिम फैसला लेने की छूट दी गई है

शिमला प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें प्रशासन की ओर से यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का चयन किया गया है इसके अलावा शिमला कालका नेशनल हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं

इसके आयोजना का उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है डीडीयू विवाद के बीच एसीएस स्वास्थ्य पद से हटाए धीमान अमिताभ को कमान दैनिक जागरण का शीर्षक है अमिताभ अवस्थी संभालेंगे स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं स्वास्थ्य विभाग से हटाए आरडी धीमान हिमाचल दस्तक लिखता है स्वास्थ्य सचिव धीमान पर गिरी खामियों की गाज पंजाब केसरी के अनुसार सरकार ने आरडी धीमान से वापस लिया स्वास्थ्य महकमा जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए पर्यटन विभाग ने मांगी एफसीए क्लीयरेंस दैनिक भास्कर की एक खबर है अटल सुरंग उद्घाटन पर अमर उजाला की सुर्खी है सुरक्षा कारणों से एक दिन का ही होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अध्यक्षों उपाध्यक्षों सहित पदाधिकारियों को नो एंट्री दैनिक भास्कर के अनुसार अटल टनल पर सवा छह घंटे रूकेंगे पीएम मोदी दैनिक जागरण के मुताबिक लाहुलियों की मुश्किलें होंगी दूर सीमा तक पहुंच होगी आसान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से आपका फैसला लिखता है हिमाचल जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य

नमस्कार